लॉकडाउन देशभर में कल से लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह के लिए आगे बढ़ाई गई है ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में प्रयाप्त रियायतें दी जाएंगी गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जो रेडए ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित जिलों के जोखिम के अन्सार लाग् होंगे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि प्र्णबंदी के तीसरे चरण में कल से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में काम काज श्रू हो जाएगा श्री जावडेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है

एम्स ऋषिकेश की एक नर्सिंग स्टाफ में कोरोना संक्रमण की प्ष्टि हुई है अपर सचिव स्वास्थ्य य्गल किशोर पंत ने की मरीज में कोरोना संक्रमण की प्ष्टि की है

जानकारी के अन्सार कोरोना पॉजिटिव नर्सिंग स्टाफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में तैनात थी शनिवार को मरीज में कोरोना के लक्षण दिखने पर सैंपल लिया गया था आज मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मरीज के संपर्क में आए लोगों की भी जांच कराई जा रही है उस जगह को भी सील किया जा रहा है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज रह रही है

ये सभी लोग दिल्ली से आए कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए थे कोविड योद्वाओं का सम्मान भारतीय सेनाए नौसेना और वाय्सेना ने आज कोरोना योद्वाओं के प्रति देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देशभर में अनेक गतिविधियां आयोजित की देहरादून के दून अस्पताल में वाय्सेना के हेलीकॉप्टर ने कोरोना योद्वाओं पर प्ष्पवर्षा की इससे कोरोना मरीजों की सेवा में दिन रात ज्टे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ काफी ख्श नजर आया द्रन मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉ एनएस खत्री ने वाय्सेना का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ रात दिन मरीजों की सेवा में ज्टे हैं कोरोना मरीजों का सबसे ज्यादा दबाव राज्य के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर है

उधर हरिद्वार जिले के रुड़की में स्थित भारतीय सेना की इकाई बंगाल इंजीनियरिंग ग्र्प द्वारा हेल्थ वर्कर्स डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ और प्लिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया सैनिक बैंड ने सेना की ध्न बजाकर इन कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाया बैठक अल्मोडा अल्मोड़ा में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अन्य राज्यों से जिले में आने वाले प्रवासियों की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में आने वाले प्रवासियों के लिए स्वास्थ्यए प्लिस और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम की ड्यूटी शिफ्टवार लगाई जाएगी प्रत्येक आने वाले प्रवासी के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा इसके लिए अलग अगल काउंटर बनाये जाएंगे बाहर से आये लोगों का होम क्वारन्टीन का कड़ाई से अन्पालन स्निश्चित करवाया जाएगा

शहीद नमन जम्म् कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से म्काबला करते हए उत्तराखंड का एक और जवान शहीद हो गया शहीद जवान दिनेश सिंह अल्मोड़ा जिले के भनोली तहसील के मिरगांव का निवासी था म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हंदवा में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों और जवानों की शहादत को नमन किया है उन्होंने कहा कि देश रक्षा के लिए हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा शहीद के परिजनों के साथ है

उन्होंने हंदवाड़ा में अल्मोड़ा के जवान की शहादत पर भी शोक व्यक्त किया है

यह जानकारी देते हुए सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि राज्य के भीतर अपने घर से बाहर जो लोग दूसरे जिलों में फंसे हैं उन्हें भी वापस उनके जिलों में भेजा जा रहा है इस बीच द्रस्थ स्थानों से उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने के लिए रेल मंत्रालय से समन्वय कर व्यवस्था की जा रही है नैनीताल जिले में अन्य राज्यों से लौट रहे लोगों और जिले से वापस भेजे जाने वाले लोगों को अपना पंजीकरण वेब पोर्टल पर कराना होगा म्ख्य विकास अधिकारी विनीत क्मार ने बताया कि बिना पंजीकरण के वापस आने और राज्य से अपने घर जाने वालों को स्विधा नहीं दी जाएगी शासन की व्यवस्था के अन्सार अंतरराज्य्य आवागमन के लिए यात्रियों को भेजने और लाने वाले राज्यों से आपसी सहमति के आधार पर लाया जायेगा राज्यों में आने पर सीमावर्ती जिलों के बार्डर चैक पोस्ट के पास निर्धारित स्थलों पर थर्मल स्कैनिंगए भोजनए पेयजलए शौचालयए चिकित्सा जांच की सुचारू व्यवस्था सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी जहां से नागरिकों को अपने अपने घर भेजा जायेगा

टिहरी के म्ख्य विकास अधिकारी अभिषेक रोहिल्ला ने बताया कि बाहर से आये लोग जो गांव में ही रोजगार की तलाश कर रहे हैं क्वारंटीन की समय सीमा के बाद उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा

ग्रामीणों का कहना है कि म्श्किल की इस घड़ी में सरकार की योजनाओं से लोगों को राहत मिली है

मानवीय गतिविधियां रुकने से पर्यावरण में काफी स्धार देखने को मिल रहा है हरिद्वार में गंगा का पानी स्वच्छ हो गया है आईआईटी रूड़की की शोधार्थी ईशानी शर्मा ने इस बात की जानकारी दी वहीं उत्तराखंड प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड ने देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगाजल के नमूनों की जांच में पाया की गंगा का पानी अब बी श्रेणी से ए श्रेणी में आ चुका है